दुष्कर्म के बढ़ते अपराघों पर अंकृश लगाने के लिए कड़े प्रावधानों वाले आपराधिक कानून संसोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज मंजूरी दे दी और इसके साथ ही इसे अधिसूचित कर दिया गया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को कल स्वीकृति देकर इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र के त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया कि मासूमों पर होने वाले घृणित अपराधों पर मृत्युदंड का कानून किसी एक राजनीतिक दल की नहीं पूरे देश की अपेक्षा थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक बताया है

श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मृत्युदंड का जो प्रावधान किया है उससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री पंचायतों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का श्भारंभ भी करेगे प्रधानमंत्री के सम्बोधन का देश की लगभग ढाई लाख पंचायतों में सीधा प्रसारण किया जायेगा श्री तोमर ने बताया कि दो दिवसीय समारोह के पहले दिन कल जबलपुर में पंचायत की चौपाल में चर्चा नामक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा इसमें पंचायतों में आर्थिक विकास सामाजिक और सतत विकास लक्ष्य युवा पंचायत डिजिटल पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन और स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा की जायेगी नेशनल लोक अदालत प्रदेश भर में आज नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है ये अदालतें उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला और स्थानीय न्यायालयों श्रम और कुटम्ब न्यायालयों में भी आयोजित हो रही है इन अदालतों में आपराधिक प्रकरण बैंक रिकवरी संबंधी मामले मोटर दूर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण श्रम विवाद सहित आपसी सहमति से कई लंबित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप्प या माई गव ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

इसके तहत दो वर्ष उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण किये जाने का लक्ष्य है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने स्टेट टास्कफोर्स की बैठक में इस अभियान के तैयारियों की समीक्षा की

उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने संबंधित अधिकारियों के साथ इसे लेकर समीक्षा बैठक की